केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा सरकार आर्थिक मुद्दों पर कर रही है काम और उद्योग जगत की समस्याएं दूर करने के उपाय रखेगी जारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अपराध रोकने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई प्रदेश में कल दिन भर हुई बूंदाबांदी और बारिश से गिरा तापमान कई जिलों में ठण्ड के चलते आज विद्यालय बंद रखने के निर्देश राष्ट्रीय गंगा पुनरूद्वार और प्रबंधन परिषद की पहली बैठक आज कानपुर में होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में कहा गया है कि श्री नरेन्द्र मोदी इस बैठक में गंगा की सफाई से जुड़े काम के विभिन्न पहलुओं और प्रगति की समीक्षा करेंगे इस बैठक में गंगा प्रवाह वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए पांच राज्यों उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बैठक में भाग लेने के लिए कल कानपुर पहुंचे बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्री केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नमामि गंगे मिशन के अधिकारी भी भाग लेंगे आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुवह ग्यारह बजे कानपुर पहुंचेगें वह नगर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में गंगा की सफाई की समीक्षा करेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री के विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी को देखने का भी कार्यक्रम है इस प्रदर्शनी में नमामि गंगे के अन्तर्गत अब तक गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए किए गये कार्यो की प्रस्तुति शामिल है प्रधानमंत्री कानपुर बैराज स्थित अटल घाट भी जायेंगे कानपुर के जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया विगत ढ़ाई सालों में जल निगम और नगर निगम ने यहां पर बहुत ही अविस्मरणीय यहां पर काम कराया हुआ है अभूतपूर्व काम कराया है और उसी का आज उसी को देखते हुए यहां पर उसके रिव्यू करने के लिए और यहां का और पूरे ऑल ओवर इण्डिया का जो नेशनल इण्डिया गंगा काजंसल जिसके चेयरमैन आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं वह यहां आकर देखंगे

कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता पर तेजी से काम किया जा रहा है सुश्री सीतारामन ने कहा कि सोमवार से बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू हो जाएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार कृ ष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यन ने बताया कि आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप चालू वर्ष के पहले छह महीने में सीधे तौर पर पैंतीस अरब डॉलर की धनराशि का रिकॉर्ड विदेशी निवेश हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार ने गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भी विनिवेश किया है मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया है कि ऋण दर तय करने वाली एजेंसियों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं और सेवी ने पिछले महीने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए के वाई सी के नियम में कई बदलावों को भी मंजूरी दी है उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपभोग बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे रही है बैंकों के बारे में उन्होंने कहा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुन पूंजीकरण करने की दिशा में काम किया जा रहा है जैसा कि बजट में घोषणा की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण देने की क्षमता को बढ़ाने इसके लिए किसी पहलू को ध्यान में रखते हुए जिस पर ईमानदारी से आवश्यक निर्णय लेने में उन्हें काबिल बनाना है संसद का शीतकालीन सत्र कल सम्पन्न हो गया संसदीय कार्यमंत्री प्रइलाद जोशी ने कामकाज के निष्पादन की दृष्टि से इस सत्र को काफी सफल बताया सत्र के समापन पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक सौ सोलह प्रतिशत जबकि राज्यसभा में शत प्रतिशत कामकाज हुआ लोकसभा में समापन भाषण में अव्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतम विधायी कार्य हुए

राज्यसभा में समापन भाषण में सभापति एम वेंकैया नायड् ने कहा कि इस सत्र में पन्द्रह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये श्री रवि मित्तल सुचना और प्रसारण मंत्रालय के नये सचिव होंगे वे उन्नीस सौ छियासी बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के अधिकारी हैं मित्तल अमित खरे का स्थान लेंगे जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है श्री मित्तल इस समय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अपराध रोकने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्वता दोहराते हुए कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षो में अपराध रोकने के लिए लगातार काम किया है उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं की त्वरित सुनवाई के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार ने दो सौ अट्गरह फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी निर्णय किया है उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में भी प्रदेश पहले स्थान पर है श्री योगी ने कल लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय साइबर काइम विवेचना और महिलाओं एवं बालकों के विरूद्व अपराध कार्यशाला के शुभारंभ के दौरान ये बाते कहीं उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह की कार्यशालाएं बच्चों के प्रति बढ़ते अपराघों और साइबर अपराध से निपटने में सहायक साबित होंगी श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में अपराध की घटनाएं बढ़ने पर कानून भी सख्त होना चाहिए उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय पर विशेष बल दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश में फॉरेंसिक और पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिससे हम अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ कानून का राज स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर सकेंगे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल दिन भर हुई बूंदाबादी और बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गयी है मथुरा चित्रकूट समेत कुछ अन्य जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान की भी आशंका है मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना व्यक्त की है खराब मौसम और ठंड में बढ़ोत्तरी के चलते आज प्रदेश के कई जनपदों में विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है बरेली अमरोहा सिद्वार्थनगर सीतापुर जौनपुर अयोध्या में नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय आज बंद रखने के आदेश हैं गोरखपुर पीलीभीत और चित्रकूट में कक्षा बारह तक के विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया है उधर लखीमपुर खीरी में अत्यधिक वर्षा और जलभराव के कारण दुधवा नेशनल पार्क को आज से दो दिनों के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक बरसात के कारण बढ़ी सर्दी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को रैनबसेरों में आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने कहा कि जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी उपजिलाधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए मुख्यमंत्री ने पुलिस को रैनबसेरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के भी निर्देश दिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित करने और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने के भी निर्देश दिए लखनऊ विश्वविद्यालय में एल एल बी तृतीय वर्ष के पेपर लीक मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंमीरता से लिया है उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच एस टी एफ द्वारा कराये जाने का निर्देश दिया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक मामले में एफ आई आर दर्ज हो गई है और एस टी एफ टीम मामले की जांच में सहयोग करेगी उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय ने एल एल बी की तीन और पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की आगामी सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी है